राजा भोज के नाम से कहलायेगी भोज मेट्रो

मेट्रो शिलान्यास मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज भोपाल में छः हजार नौ सौ इकतालीस करोड़ रूपये से अधिक की लागत वाली भोपाल मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखी इस परियोजना में लगभग अट्ठाइस किलोमीटर लंबाई के दो कॉरीडोर बनाये जायेंगे एक कॉरीडोर करोंद से एम्स तक और दूसरा भदभदा चौराहे से रत्नागिरि चौराहे तक बनाया जायेगा इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मेट्रो रेल केवल भोपाल ही नहीं बल्कि मध्यप्रदेश में भी नया इतिहास बनने जा रहा है

राष्ट्रपति राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली में महात्मा गांधी के विचारों को अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि उनके बताये रास्ते पर चलकर ही विश्व समुदाय आतंकवाद भ्रष्टाचार धार्मिक और नस्लीय भेदभाव तथा जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपट सकता है श्री कोविंद ने आध्यात्म से समाज और मानवता का उत्थान विषय पर आयोजित एक संगोष्ठी में कहा कि विश्व में शांति और अहिंसा स्थापित करने के लिए आध्यात्मिक मूल्यों का प्रचार प्रसार अनिवार्य है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस तथ्य को गहराई से समझा और स्पष्ट किया कि सत्य अहिंसा और शांति और सदभाव पर आधारित व्यवस्थाओं से ही मानव समाज का उत्थान संभव है उनके ये विचार सवैद प्रासंगिक रहेंगे

केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव अरूण कुमार पांडा ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि इन दूल केंद्रों में प्रतिवर्ष आठ लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा गुजरात पीएम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दो अक्तूबर को भारत को खुले में शौच से मुक्त होने की औपचारिक रूप से घोषणा करेंगे

इस कार्यक्रम में मध्यप्रदेश सहित उत्तरप्रदेश महाराष्ट्र राजस्थान छत्तीसगढ़ पंजाब हरियाणा बिहार और अन्य राज्यों के अलावा केन्द्रशासित प्रदेशों के सरपंच भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे प्याज कीमत केंद्र सरकार ने प्याज की उपलब्धता का पता लगाने के लिए किसानों व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों से बातचीत करने के लिए दो संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों की एक टीम महाराष्ट्र भेजी है यह टीम उनसे बाजार में प्याज की और अधिक आपूर्ति के लिए भी कहेगी एक ट्वीट में खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन परिसंघ ने कल हरियाणा को दस ट्रक प्याज भेजा और राज्य की मांग पर पांच ट्रक और भेजे जा रहे हैं

क्षेत्र में मतदाता जन जागरूकता अभियान के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है लोगो से अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने का आहवान किया जा रहा है जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन और दिशा निर्देशानुसार सभी सार्वजनिक स्थालों मुख्य चौराहा सहित अन्य जगहों पर होर्डिग्स बैनर और पोस्टर लगाकर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है उधर कांग्रेस ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया को इस चुनाव में अपना प्रत्याशी बनाया है वहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस चुनाव के लिए अपने प्रत्याशी के नाम का जल्द ऐलान करेगी

यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से प्रसारित किया जाएगा

इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के यूट्यूब चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा सिंधिया पत्र पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य में आई बाढ़ से हुये नुकसान के लिए अतिशीघ्र राहत राशि जारी करने का आग्रह किया है गांधी ग्राम सभा गाँधी जयंती के मौके पर प्रदेश में ग्राम सभाओं में वन अधिकार समितियों का पुनर्गठन किया जाएगा

उन्होंने कहा कि समिति सदस्यों के पलायन करने या मृत्यु होने के कारण निर्मित रिक्तियों की पूर्ति की जाना है साथ ही ग्राम सभाओं के अनुमोदन के बाद वन अधिकार समितियों में नए सदस्यों के नाम जोड़े जाएंगे

वे इस सफल पर्वतारोहण के बाद आज भोपाल लौट आईं मेघा ने इससे पहले माउंट एवरेस्ट और माउंट एलब्रस पर भी सफलतापूर्वक चढ़ाई की है इन तीनों शिखरों को पर्वतारोहियों के लिए दुनिया के सबसे कठिन पर्वतों में गिना जाता है